इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर करेंगे बैठक में एचीपीसीए के खिलाफ दर्ज मामलों की वापसी सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाने की सम्भावना है एमटीबी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के अनछुए गंतव्यों में पर्यटन के साथ साथ साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष प्रयास करेगी

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया खेल इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रमण्डल खेलों में रजत पदक जीतने पर ऊना ज़िले की अंज़ुम मोदग़िल को बघाई दी है उन्होंने अंज़ुम से दूरभाष पर बातचीत में कहा कि प्रदेश के लोगों को उनकी इस उपलब्धि पर गर्व है अवकाश कार्मिक मंत्रालय के नये दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी महिला कर्मचारी बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश सीसीएल के दौरान विदेश जा सकती हैं और अवकाश यात्रा भत्ता एलटीसी भी ले सकते हैं इस तरह उनके आने जाने के खर्च की भरपाई हो जाएगी विभिन्न सरकारी विमागों से इस बारे में पूछे जाने पर कार्मिक मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण दिया है धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने गाय को आवारा छोड़ने की समस्या को खत्म करने के लिए लोगों से अहम भूमिका निभाने का आहवान किया है हमीरपुर ज़िले के कट्ट कश्मीर में कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गाय को आवारा छोड़ने की समस्या गम्भीर बन चुकी है और इस दिशा में लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत है ध़मल ने लोगों से पहाड़ी गाय पालने का आहवान किया क्योंकि इसके दूध में औषधीय गुण होते हैं

इस मौके उन्होंने कहा कि मेले व त्यौहार हमारी प्राचीन संस्कृति के परिचायक है और इनके आयोजन से आपसी मेलजोल को बढ़ावा मिलता है

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के मध्यम व निचले कुछ क्षेत्रों में गर्जना के साथ वर्षा हो रही है जबकि जनजातीय जिला लाहुल स्पिति व किन्नौर में मौसम साफ बना हुआ है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने हिमाचल दिवस से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है मुख्यमंत्री के हवाले से पंजाब केसरी की सुर्खी है अपराघ छोटा हो या बड़ा नहीं मिलेगा राजनीतिक संरक्षण दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल दिवस पर गिनाई सरकार की उपलब्धियां दैनिक भास्कर ने लिखा है आंचल ठाकुर को हिमाचल गौरव पुरस्कार कुल्लू को भिला सिविल सर्विस अवार्ड हिमाचल दस्तक के शब्द हैं छोटे कदमों से पाएंगे बड़ी मंजिल अजीत समाचार के मुताबिक हिमाचल में समृद्धि व खुशहाली के नए युग का सूत्रपात नूरपुर बस हादसे पर अमर उजाला का शीर्षक है एक और बच्चे ने तोड़ा दम पंजाब केसरी ने लिखा है नूरपुर बस हादसे में घायल एक और बालक की मौत आपका फैसला की सुर्खी है एक और मासूम ने तोड़ा दम

दैनिक जागरण का कहना है भूमि विवाद में भतीजे को जूस बता पिलाया तेजाब

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है घर पहुंचे हिमाचल के तीनों युवक

हिमाचल दस्तक के अनुसार संकुशल वापस घर पहुंचे हिमाचल के तीनों लाल पंजाब केसरी की एक खबर है प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में आज एवपीसीए मामले पर चर्चा संभव जबकि दिव्य हिमाचल की सुर्खी है बजट के बाद हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय युवा पीढ़ी के नए फलक में बेरोजगारी पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि यह लाजिमी नहीं कि स्किल इंडिया के पैमानों में हिमाचली युवा परिपक्व हो जाए और नीली वर्दी पहनकर जीवन यापन कर ले आपका फैसला ने अपने सम्पादकीय राहत भरी रिहाई में लिखा है कि ये ठीक है कि पैसा कमाने के लिये व्यक्ति को कई बार विदेशी धरती पर जाना पड़ता है लेकिन यह जरूरी है कि वे उन्हीं देशों का रुख करें जहां उनकी सुरक्षा की अधिकतम गारंटी हो